जौनपुर के बदलापुर में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गो को मिल रहा है श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गयी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख रूपये तक का इलाज किसी भी अस्पताल में कराया जा सकता है उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को पक्का मकान बिजली गैस कनेक्शन किसान पेंशन जैसी योजनाओं का लाम मिले उपमुख्यमंत्री ने किसानों का आहवान किया कि वे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करें और खेतों में पराली न जलाए श्री मौर्य ने संवाददातओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण शीघ्र ही अभियान चलाकर किया जायेगा इससे पूर्व श्री मौर्य ने बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में पचास करोड़ की लागत वाली तैंतालीस परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया इस अवसर पर प्रदेश के आवास राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव भी उपस्थित थे

कल यह वेहद खराब स्तर पर थी दिल्ली से सटे प्रदेश के गाजियाबाद मेरठ शामली जिलों में आज भी जहरीली धुंघ की परत छाई रही लेकिन आज हवाएं तेजी से चलने से प्रदूषण का स्तर और कम होने की उम्मीद है मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटों में और तेज हवाएं चलने की संभावना है

प्रदेश में तेजी से बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या के बीच कल मण्डलायुक्त जयन्त नार्लिकर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि जो किसान लगातार खेतों में पराली जलाते पाए जाए उन पर जुर्माने के साथ साथ एफ आई आर भी दर्ज करायी जाए इसके अलावा मंडलायुक्त ने ऐसे किसानों को किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान न देने के भी निर्देश दिए मंडलायुक्त ने नौतनवा निचलौल फरेन्दा और महराजगंज सदर में आगामी एक माह के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर फसल अवशेष जलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए साथ ही नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कूड़ा जलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं उधर प्रदेश में प्रशासन ने मुजफ्फरनगर के उत्तीस किसानों पर कथित रूप से पराली जलाने के आरोप में ढाई ढाई हजार रूपये का जुर्माना लगाया है अपर जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर किसानों को चेतावनी दी है वहीं प्रदेश के कौशाम्बी जिले में खेतों में फसल के अवशेष जलाने वाले आठ किसानों पर कृषि विभाग ने जुर्माना लगाया है जिले के कृषि उप निदेशक ने बताया कि फसल के अवशेष जलाने पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है जिले की विभिन्न तहसीलों के आठ किसानों को पराली जलाने पर पच्चीस पच्चीस सौ रूपये का जुर्माना लगाया गया है कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने आज बंजर भूमि मानचित्र दो हजार उन्नीस को जारी किया केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित मानचित्र में समूचे देश की बंजर भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है बंजर भूमि के विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल में इस मानचित्र से मदद मिलेगी अयोध्या की प्रसिद्व चौदह कोसी परिक्रमा अक्षय नवमी तिथि लगने के साथ ही आज शुरू हो गयी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी में लाखों श्रद्वालुओं ने प्रातः काल सरयू में स्नान करने के बाद चौदह कोसी परिक्रमा शुरू की परिक्रमा लगातार चौबीस घंटे से भी अधिक समय तक चलेगी रामनगरी पहुंचे श्रद्वालु विभिन्न जगहों से अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं परिक्रमा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं अपर जिलाधिकारी नगर एवं मेलाधिकारी डॉ वैमव शर्मा ने कहा कि परिक्रमा के चारों तरफ मार्गो पर श्रद्वालुओं की सुविधा के लिये जगह जगह बैरियर लगाये गये हैं रेलवे क्रासिंग के पास विशेष तौर पर बैरियर लगाकर सतर्कता बरती जा रही है मान्यता है कि चौदह कोसी परिक्रमा का सम्बन्ध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के चौदह वर्ष के वनवास से है कार्तिक की अमावस्या अर्थात् दीपावली के नवें दिन लाखों श्रद्वालु यहां आकर एक निर्धारित मार्ग पर अयोध्या और फैजाबाद नगर के चारों तरफ नंगे पांव पैदल चलकर अपनी अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं